अट्ठाईस सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बाधित

और राज्य में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या

अब तक दो सौ पचपन लोगों की हो चुकी है मौत प्रदेश में बाढ़ की रिथिति दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार अभी ग्यारह जिलों के तिरानवे प्रखंडों के सात सौ पैंसठ पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं पच्चीस लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है प्रभावित क्षेत्रों के लगभग पांच लाख हेक्टेयर खेत में धान और मक्का की फसल बर्बाद हो गयी है इससे किसानों को लगभग दो हजार करोड़ रूपये के नुकसान की आशंका है इधर प्रभावित क्षेत्रों में उनतीस राहत शिविर संचालित किये जा रहे हैं जहां लगभग तेरह हजार लोग रह रहे हैं वहीं सात सौ तीन सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा है जहां लगभग तैंतीस हजार लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पच्चीस टीमें जूटी हुई हैं भारतीय वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भी राहत सामग्री लगातार तीन दिनों तक गिरायी गयी अब हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री गिराने का काम बंद कर दिया गया है इस बीच बाढ़ प्रभावित जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सभी प्रमुख नदियों में उफान के कारण स्थिति गम्भीर बनी हुई है गोपालगंज जिला सबसे अधिक प्रभावित है जहां गंडक नदी पर बने सारण मुख्य तटबंध के सात स्थानों पर रिंग गाईड और जमींदारी बांध में रिसाव जारी है

सारण जिले में गंडक नहर के जलस्तर में कमी आने के बावजूद मशरक पानापुर तरैया परसा और मकेर के बासठ गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुये हैं एनडीआरएफ की टीमें ग्यारह मोटर बोट और बयासी नाव के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जूटी है दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कमला और जीवछ नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ की स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है

जिला प्रशासन की ओर से जल निकासी का काम तेज हो गया है आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार पश्चिम चम्पारण से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है

वहीं रामनगर प्रखंड के भावल पंचायत के धनरप्पा सरेह में मशान नदी के पानी से तटबंधों में कटाव हो रहा है नदी अपनी धारा बदल रही है जिस कारण खतरा और बढ़ गया है

आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशिष कुमार मुजफ्फरपूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सकरा प्रखंड के जोगनी गंगा गांव में कदाने नदी का तटबंध पच्चीस फीट में टूट गया है इससे लोगों में अफरा तफरी का महौल है वहीं बूढ़ी गंडक नदी में उफान से मीनापुर में बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है बंदरा के बड़गांव में रिंग बांध टूटने से सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं चंदवाड़ा स्थित स्लुईस गेट में भी रिसाव हो रहा है पूर्वी चम्पारण जिले के ग्यारह प्रखंडों के एक सौ चौवन गांव बाढ़ की चपेट में हैं लगभग तीन लाख की आबादी प्रभावित है जिले के केसरिया संग्रामपुर अरेराज बंजरिया फेनहारा तेतरिया पकड़ी दयाल रामगढ़वा चिरैया ढ़ाका और मोतिहारी प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं मध्ुबनी में धौंस नदी का पानी बढ़ने से बिसफी प्रखंड के कमलाबाड़ी बिसफी जानीपुर कटैया और सिंघिया सहित एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुये हैं खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बूढ़ी गंडक नदी का पानी बढ़ने से जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सुपौल जिले में कोसी की सहायक नदी खारो का पानी बढ़ने से क्नौली के कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है निर्मली मरौना और भपटियाही प्रखंड के गांवों की भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में कोसी नदी का दबाव तटबंधों पर बना हुआ है सीमांचल के जिलों कटिहार अररिया और किशनगंज में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है मौसम विभाग ने उत्तर और पूर्वी बिहार के उन्नीस जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के दौरान आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इनमें किशनगंज अररिया कटिहार पूर्णियां सुपौल सहरसा मधेपूरा मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण शिवहर सीवान सारण गोपालगंज मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले शामिल हैं इस अवधि में वजपात की आशंका है अररिया से हामरे संवाददाता ने बताया है कि जिले के अधिकांश हिस्सों में सुबह से तेज बारिश हो रही है इस बीच मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर शिवहर सीतामढ़ी मधुबनी सारण और रोहतास जिले के कुछ हिस्सों में अगले दो घंटों तक मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई गई है प्रदेश में कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान बागमती महानंदा और अधवारा समूह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है गंडक नदी का जलस्तर रेवा घाट और गोपालगंज के ड्मरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है ब्रढ़ी गंडक नदी लालबकैया घाट तथा समस्तीपुर रेल पुल के पास रोसड़ा और खगड़िया में लाल निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी भी रून्नीसैदपुर में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है कमला बलान का जलस्तर जयनगर में लाल निशान से तेरह सेंटीमीटर ऊपर है इधर कहलगांव में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आ गया है हालांकि पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर में चौदह सेंटीमीटर कमी दर्ज की गयी है अधवारा समूह की नदियां अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गयी है दरभंगा के विश्नपुर में नदी अड़तालीस दशमलव पांच तीन मीटर तक पहुंच चुकी है राज्य में बाढ़ और वर्षा से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अठारह लोगों की मौत हो गयी है मृतकों में पूर्वी चम्पारण के सात मधूबनी और दरभंगा के चार चार तथा मुजफ्फरपुर तीन लोग शामिल हैं प्रदेश में बाढ़ के कारण चौंसठ स्थानों पर एक सौ दस सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं पथ निर्माण विभाग के अनुसार अट्ठाईस सड़कों पर आवागमन प्री तरह बाधित हैं जबकि पांच पुल पुलिया के सम्पर्क पथ क्षतिग्रस्त हो गये हैं विभाग की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार सीतामढ़ी मधुबनी मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण पश्चिम चम्पारण दरभंगा और गोपालगंज जिलों में सड़कों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है

रेलवे के अधिकारियों ने कल सुगौली में रेल ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद जल स्तर में कमी को देखते हुये परिचालन शुरू करने का फैसला किया वहीं दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड में हायाघाट के पास पानी के गार्डर तक पहुंच जाने के कारण रेल परिचालन अब भी बाधित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को देखते हुये जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है बाढ़ को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने जल संसाधन विभाग के सचिव को तटबंधों के निकट बाढ़ सुरक्षात्मक सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा उन्होंने दबाव वाले तटबंधों पर सातों दिन चौबीस घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है दो हजार एक सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या इकतालीस हजार एक सौ ग्यारह हो गयी है सबसे अधिक पांच सौ तिरपन नये मामले पटना जिले से सामने आये हैं राज्य में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर दो सौ पचपन हो गयी है वहीं इलाज के बाद लगभग अट्ठाईस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर लगभग अड़सठ प्रतिशत पर पहुंच गयी है प्रदेश में कोविड उन्नीस की जांच में तेजी आने के साथ ही संक्रमण की दर आठ दशमलव पांच प्रतिशत पर पहुंच गयी है बाईस मार्च को यह दर एक दशमलव तीन प्रतिशत थी बाईस जून की अवधि से बाईस जुलाई तक जांच की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है जबकि संक्रमितों की संख्या चार गुना बढ़ी है पटना के खाजेकलां थाना के तीन सिपाही और एक हवलदार कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में पांच चिकित्सक समेत तीस कर्मी और पटना एम्स की एक नर्स में संक्रमण की पुष्टि हुई है दूसरी तरफ पटना स्थित एसबीआई की विभिन्न शाखाओं के तीस अधिकारी और कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं वहीं सारण जिले के गोपालगंज स्थित सैनिक स्कूल के नौ कर्मी भी पॉजिटिव पाये गये हैं पटना स्थित आईजीआईएमएस के स्टोर इंचार्ज की कोविड उन्नीस से मौत हो गयी है वे रांची के रहने वाले थे पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सगुना मोड़ में एक और दानापुर के दो अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही है प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड उन्नीस की जांच शुरू हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि इन केन्द्रो पर संदिग्ध अपनी जांच निःशुल्क करवा सकते हैं उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जांच होगी आत्म निर्भर भारत अभियान की स्व निधि योजना के अन्तर्गत रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सात शहरों का चयन किया गया है ये शहर हैं पटना गया मुजफ्फरपुर बिहार शरीफ भागलपुर पूर्णियां और दरभंगा चयनित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा योजना के तहत वेंडर सर्वे का काम जारी है इसके लिए चौंतीस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है इस बीच बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने प्रवासी मजदूरों के कौशल विकास के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की है कृषि क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण उपलब्ध करायेगा इसके लिए निबंधन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर शुरू हो गयी है राज्य विधानमंडल के मॉनसून सत्र की अवधि का निर्णय इकतीस जुलाई को होगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि ज्ञान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस पर विचार किया जायेगा मॉनसून सत्र की शुरूआत तीन अगस्त से ज्ञान भवन में हो रही है इस सत्र के दौरान चार बैठकें निर्धारित हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट में नामांकन की पहली सूची चार अगस्त को प्रकाशित करेगा पहली सूची में शामिल छात्रों का नामांकन चार से नौ अगस्त के बीच होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना संक्रमण और बाढ़ से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है जांच बढ़ी तो तीन दिनों में पॉजिटिव मिलने की दर सात फीसदी हुई कम दैनिक जागरण ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की कमान प्रत्यय अमृत को सौंपे जाने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है बाढ़ से बर्बादी पर हिन्दुस्तान लिखता है बिहार की चौबीस लाख आबादी बाढ़ में घिरी दैनिक भास्कर ने सड़क हादसे में कम करने की कवायद के तहत दो पहिया वाहनों में पिछली सवारी के पकड़ने के लिए हैंडल जरूरी होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज अखबार लिखता है फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुये पांच रफाल और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है

अट्ठाईस सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बाधित

और राज्य में तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या

अब तक दो सौ पचपन लोगों की हो चुकी है मौत